छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतर्राज्यीय और अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले यात्री वाहनों के संचालन को अनुमति दे दी है विधानसभा में आज अनुपूरक बजट के साथ ही दस विधेयक पेश किए गए मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के आठ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जेईई नीट फास्टैग संयुक्त इंजीनियंरिंग भर्ती परीक्षा जेईई मेन्स तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सिंतबर में आयोजित की जाएंगी जेईई मेन्स की प्रवेश परीक्षा एक से छह सितंबर तक और नीट यूजी परीक्षा तेरह सितंबर को आयोजित होंगी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन्स तथा राष्ट्रीय पात्रता और नीट यूजी के लिए परीक्षा केन्द्रों की संख्या में वृद्धि कर दी है एजेंसी ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गई है इस बीच केन्द्र सरकार ने पूरे देश के राजमार्गो पर टोल प्लाजा पर किसी भी छूट के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजमार्गो पर निर्वाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है

केंद्रीय नागरिक उड़डयन मंत्रालय के इस फैसले का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वागत किया है मुख्यमंत्री ने विभागीय राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी को ट्वीट कर बिलासपुर से भोपाल के बीच इस सेवा के शुरू होने पर खुशी जाहिर की है श्री बघेल ने उम्मीद जताई है कि यह सेवा शुरू होने से छत्तीसगढ़ को हवाई सेवा का सही फायदा मिलेगा साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय राज्यमंत्री से विमान सेवा के जरिये बिलासपुर को दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से जोड़ने का भी आग्रह किया है यात्री वाहन अनुमति छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतर्राज्यीय और अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले यात्री वाहनों के संचालन को अनुमति दे दी है परिवहन विभाग ने आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है यात्री बसों के परिचालन के लिए परिवहन आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा बसों के चालक परिचालक के साथ ही सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से फेसमास्क लगाना होगा साथ ही बस संचालकों को नियमित अंतराल में वाहनों को सैनिटाईज भी करवाना होगा

यह अनुपूरक बजट करीब तीन हजार आठ सौ सात करोड़ रूपये का है इस अनुपूरक बजट पर कल सदन में चर्चा होगी इसके अलावा आज विधानसभा में संबंधित विभाग के मंत्रियों द्वारा दस विभिन्न संशोधन विधेयक भी पेश किए गए इनमें शामिल हैं छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी संशोधन विधयेक छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधयेक छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधयेक छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग संशोधन विधयेक छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग संशोधन विधयेक और छत्तीसगढ़ माल तथा सेवाकर संशोधन विधयेक इससे पहले आज सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि सभी विधायकों के लिए विधानसभा परिसर में ही कोरोना जांच की व्यवस्था की गई है उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपनी सुविधा को अनुसार कोरोना टेस्ट करवा लें विधानसभा ध्यानाकर्षण सुचना विधानसभा में आज मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी सदस्यों ने ध्यानाकर्षण सूचना के जरिये अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाएं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने अपने ध्यानाकर्षण सूचना में धान और मक्का के हाईब्रिड बीजों की खरीदी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संबंधित फर्मो द्वारा शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में बीजों की आपूर्ति नहीं की गई लेकिन इसके बावजूद बीज निगम ने इन फर्मों के विरूद्व कोई कार्रवाई नहीं की श्री कौशिक ने बीज खरीदी में अनियमितता का आरोप लगाया जवाब में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि बीज खरीदी में कोई अनियमितता नहीं हुई है उन्होंने कहा कि अनुबंधित फर्मों ने हाईब्रिड बीजों की आपूर्ति निर्धारित समय अवधि के भीतर की है एक अन्य ध्यानाकर्षण सूचना के जरिये भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल अजय चंद्राकर और नारायण चंदेल ने प्रदेश में हाथियों की मौत का मामला उठाया सदस्यों ने कहा कि बीते करीब तीन महीनों के दौरान दस हाथियों की मौत हो चुकी है उन्होंने इन मौतों के लिए वन विमाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि हाथियों की ये मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि योजनाबद्व ढंग से हुई है अपने जवाब में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि इन दस हाथियों की मृत्यु विभिन्न कारणों से हुई है उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद जिन प्रकरणों में हाथियों की मृत्यु का कारण जहरखुरानी या विद्युत करंट लगना पाया गया है ऐसे मामलों में वन विभाग द्वारा वन्यजीव अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है शंकराचार्य कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी शंकर निगम को दुर्ग के जुनवानी स्थित श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है राज्यपाल और कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है डॉक्टर निगम रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति और पुरातत्व विभाग के पूर्व अध्यक्ष हैं किसान पंजीयन प्रदेश में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री के लिए पहले से पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी इसके लिए केवल नये किसानों को ही पंजीयन कराना होगा राजनांदगांव जिला प्रशासन द्वारा सहकारी बैंकों की सभी शाखाओं में पहले से पंजीकृत किसानों की सूची तैयार करने का काम चल रहा है जिले में एक लाख बहत्तर हजार किसान पहले से ही पंजीकृत हैं आगामी इकतीस अक्टूबर तक धान खरीदी के लिए नये किसान अपना पंजीयन करा सकेंगे

आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के अलावा बिलासपुर कलेक्टर और कांग्रेस के एक नेता भी कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं कोरोना संक्रमण के प्रारंभिक लक्षण पाए जाने के बाद न्यायाधीश और जिला कलेक्टर ने अपनी कोरोना जांच कराई थी वहीं बिलासपुर में ही सीपत थाना प्रभारी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद थाने को सील कर दिया गया है इस थाने का कामकाज फिलहाल मस्तुरी थाने से किया जा रहा है कोरोना संक्रमण के चलते बिलासपुर में अब तक पांच थानों को सील किया जा चुका है इससे पहले कल राज्यपाल के सचिव भी कोरोना पॉजीटिव पाए गए थे उधर बीजापुर जिला चिकित्सालय में पदस्थ एक चिकित्सक की मौत हो गई है मृत्यु के बाद उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई है बताया जाता है कि पिछले दिनों उनकी ड्यूटी कोरोना वार्ड में लगाई गई थी जिले में कोरोना संक्रमण से अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है इधर महासमुंद जिले में एक डिप्टी कलेक्टर सहित दो अधिकारियों के कोरोना पॉजीटिव पाए जाने के बाद कलेक्टोरेट कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर इकतीस अगस्त तक रोक लगा दी गई है कलेक्टोरेट में पदस्थ अन्य सभी कर्मचारियों की भी कोरोना जांच कराई गई है इसके अलावा महासमुंद नगर पालिका को भी सील कर दिया गया है जिले में कल कोरोना से संक्रमित चालीस नये मरीज मिले थे वहीं दूर्ग जिले में आज अब तक कोरोना संक्रमित सतयासी नये मरीजों की पहचान हुई है जिनमें बीएसएफ के चौदह जवान और एक पार्षद भी शामिल हैं

इनमें कयाघाट इलाके में स्थित जिला जेल के पंद्रह कैदी भी शामिल हैं इस बीच रायगढ़ के कयाघाट मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन बनाए जाने पर आज स्थानीय महिलाओं ने काफी हंगामा किया इन महिलाओं ने कहा कि कंटेनमेंट जोन बनाए जाने से उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है इन्होंने बैरीकेट्स खोलने की मांग की बाद में जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा आश्वासन देने के बाद यह मामला शांत हुआ इस बीच दोहरे हत्याकांड के आरोप में रायगढ़ से गिरफ्तार ओडिशा का एक पूर्व विधायक भी कोरोना संक्रमित पाया गया है जेल अधीक्षक ने बताया कि तबीयत खराब होने के बाद आरोपी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां कोरोना जांच में इसकी रिपोर्ट पॉजीटिव आई है उधर बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर में आज सात कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इस बीच रायपुर में कलेक्टर ने जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आदेश जारी किया है कि अब रायपुर जिले में राशन दुकानों और पेट्रोल पम्पों पर बिना मास्क पहने पहुंचने वाले लोगों को राशन या पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा प्रदेश में कल कोरोना पॉजीटिव बारह सौ सतयासी नये मरीजों की पहचान की गई थी वहीं कल एक ही दिन में पंद्रह लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हो गई स्वास्थ्य विभाग होम आइसोलेशन स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में कलेक्टरों द्वारा होम आइसोलेशन के लिए अनुमति देने के लिए प्रत्येक जिले हेतु निर्धारित मरीजों की संख्या सीमा की बंदिश को खत्म कर दिया है अब कलेक्टर होम आइसोलेशन के लिए उपयुक्त पाए जाने वाले कोरोना के लक्षणरहित मरीजों को संख्या सीमा की बाध्यता के बिना अनुमति दे सकेंगे इस बीच प्रदेश में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने वाले शहरों में कोरोना पॉजीटिव मरीजों को स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखने के लिए इंटर एक्टिव वाईस रिस्पॉन्स सिस्टम आईवीआरएस की शुरूआत की जा रही है इस सिस्टम के माध्यम से कोरोना संक्रमित मरीजों के होम क्वारेंटाइन या होम आइसोलेशन में रहने तथा अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी उनके सेहत के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी राजनांदगांव के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथलेश चौधरी ने बताया कि इस सिस्टम से अधिक कोरोना संक्रमण वाले इलाकों में लोगों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में मदद मिलेगी उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस सिस्टम के माध्यम से अपने सेहत की सही जानकारी विभाग को उपलब्ध कराएं इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा राजधानी रायपुर में यह सुविधा पहले से ही शुरू हो चुकी है आप ऑक्सीजन जांच कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के मद्देनजर आम आदमी पार्टी द्वारा राज्य में ऑक्सीजन जांच अभियान चलाया जाएगा यह जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने दी है उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं उसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी यह अभियान चलाया जाएगा महासमुंद हाथी आतंक महासमुंद जिला मुख्यालय से बारह किलोमीटर की दूरी पर स्थित खट्टी गांव में इक्कीस हाथियों का एक दल मौजूद होने की खबर मिली है इन हाथियों ने खेतों में लगी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है इस बीच बलौदाबाजार भाटापारा जिले में वन्यप्राणी के अवैध शिकार और इसकी बिक्री के मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इनके पास से एक जंगली सुअर का शव भी बरामद हुआ है

ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रदेश को दस जिलों में सीख कार्यक्रम चलाया जा रहा है सूरजपुर जिले में इस कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने ऑनलाइन किया इसके माध्यम से अभिभावकों और समुदाय की सहभागिता से बच्चों को मनोरंजक तथा सरल तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी यह कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है इस मौके पर डॉक्टर टेकाम ने उम्मीद जताई कि जिन क्षेत्रों में डिजिटल माध्यमों से पढ़ाई नहीं हो पा रही है वहां स्वैच्छिक सीख मित्र बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने में मददगार साबित होंगे इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ कार्यालय के प्रमुख जॉब जचारिया ने बताया कि सीख कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव में एक सीख मित्र नियुक्त किया जाता है जो दिन में कम से कम दो घंटे सामुदायिक स्तर पर बच्चों की पढ़ाई कराने में मदद करते हैं मौसम मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के लिए छत्तीसगढ़ के आठ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है विभाग के अनुसार सरगुजा जशपुर बलरामपुर रायगढ़ कोरबा बलौदाबाजार महासमुद और जांजगीर चांपा जिलों में कुछ स्थानों पर अगले चौबीस घंटों में भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है

संक्षिप्त समाचार सुरक्षा बलों ने बीजापुर जिले के पोजेर पमूलवाया गांव से दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके में बालको की एक बॉक्साइड खदान में बारूद को नष्ट करने के दौरान जोरदार विस्फोट होने से केसरा गांव में स्थित एक मकान और कुछ गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने का समाचार मिला है रायपुर मेडिकल कॉलेज में उन्नीस तकनीशियनों की नियुक्ति की गई है बलौदाबाजार में आज एक कार ने मोटरसाइकिल सवार युवकों को टक्कर मार दी जिससे एक युवक की मृत्यु हो गई वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया महासमुंद के घोड़ारी हाइवे पर स्थित ढाबे में एक ट्रक अनियंत्रित होकर घुस गया इस दुर्घटना में ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक चालक तथा परिचालक सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं दुर्ग में पुलिस ने कैरेबियन प्रीमियर लीग पर सट्टा खिलाने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है